प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में बने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया शिक्षा मंत्री ने कहा आगामी एक माह में कम्प्यूटर शिक्षकों के पद का कैडर बनाया जाएगा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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

टीका लगवाने के बाद एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत में निर्मित टीके सुरक्षित हैं उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाया जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री को कोरोना टीके की पहली डोज दी गई बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सवाईमानसिंह अस्पताल में कोविड टीका लगवाया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री ने कोरोना से लड़ने में बेहतरीन प्रबंधन किया है

उन्होंने लोगों से बिना किसी शंका के वैक्सीन लगावाने की अपील की वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के कोविड वैक्सीनेशन के कम में आज जयपूर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कोरोना टीके की दूसरी डोज ली सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई

साथ ही फंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई

इसी कम में आज बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता और वरिष्ठ अधिकारियों ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

चिकित्सा मंत्री ने कंपनी का आभार जताते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में हर व्यक्ति और संस्था यदि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेगी तो बीमारी से जल्द ही निजात मिल सकेगी चिकित्सा मंत्री ने आज हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सीएसआर कार्यक्रम में विभाग को साँपे गए रेफ्रिजरेटर्ड ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया डॉ शर्मा ने बताया कि यह रेफ्रिजरेटेड ट्रक एंटी कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाएगा

उधर प्रतापगढ़ में कोरोना संकमण के मामलों में तेजी आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है

प्रधानमंत्री उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा नीति आयोग के वेबिनार को सम्बोधित कर रहे थे इस योजना की शुरूआत उत्पादन को बल देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उद्योगों की निर्यात क्षमताओं को बढावा देने रोजगार सुजन और आय में बढ़ोत्तरी का काम करेगी

उन्होंने कहा कि इस संबंध में पत्रावली वित्त विभाग में विचाराधीन है

विधायक ज्ञानचंद पारख ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये पाली जिले के रोहट क्षेत्र में गैर आबादी क्षेत्र को आबादी क्षेत्र में बदलकर गरीब लोगों को पट्टा देने का मामला उठाया

ये बात केवल पाली के रोहट की नहीं बल्कि प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों से जुडा मामला है ऐसे लोगो को पट्टे दिए जाएं

आज प्रश्नकाल में वन राज्यमंत्री सुखराम बिश्नोई के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि नीलगाय से फसलों को बचाने के लिए खेतों की तारबंदी का लक्ष्य है और उसी हिसाब से तारबंदी करवाई जाएगी इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए किसानों की जरूरत के हिसाब से योजना बनाने को कहा

ऐसे में राज्य सरकार को भी तुरंत ऐसे नियम और शर्ते बनानी चाहिए ताकि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और ज्यादा अवसर मिले

मंत्रालय ने कहा है कि यह एक अस्थाई व्यवस्था है और स्टेशनों में अनावश्यक भीड़ को कम करने तथा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हए यह कदम उठाया गया है मंत्रालय के अनुसार स्थितियों को देखते हए समय समय पर प्लेटफार्म टिकटों की कीमतें पहले भी बढाई जाती रही हैं ऐसे कई वर्षो से होता आ रहा है स्टेशन में भीड़भाड़ को रोकने के लिए ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे हैं

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से देश के उत्तरी राज्यों में नए पश्चिमी विक्षोम का असर देखने को मिलेगा

राज्यपाल आज राजभवन से राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के दुसरे दीक्षांत समारोह को वर्चअली संबोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि अलवर जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत काफी संपन्न रही है जिसे आगे बढ़ाते हुए मत्स्य विश्वविद्यालय को राजऋषि भर्तहरि के ग्रंथों पर शोध की पहल करनी चाहिए